चौथे बिम्स्टेक सम्मेलन के उदघाटन संत्र को सम्बोधित करते हथे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना अहम है उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत अपना नॉलेज नेटवर्क बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने बिम्स्टेक देशों से कहा कि वर्ष्य दो हजार बीस में भारत में होने वाले अन्तर्राट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भागीदार बनें उन्होंने बिम्स्टेक सदस्य देशों को नई दिल्ली में होने वाले मोबाइल कॉग्रेस में आने का भी निमंत्रण दिया उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में बे ऑफ बंगाल स्टडीज की स्थापना की जायेगी बंगाल की खाड़ी ान्ति समृद्धि और स्थायित्व की ओर विाय पर आयोजित इस सम्मेलन में बिम्स्टेक देशों के सदस्य भारत बांग्लादेश म्यामार श्रीलंका थाईलैण्ड भूटान और नेपाल हिस्सा ले रहे हैं इससे पहले श्री मोदी आज सुबह नेपाल की राजधानी काठमाण्डू पहुंचे और वहां उन्होंने नेपाल की राट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री श्रीलंका के राट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे राज्य विधानमंडल की कार्यवाही आज सुबह ग्यारह बजे गुरू हुई विधानसभा में विपक्षी दलों ने काम रोको प्रस्ताव के रूप में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों की अनदेखी गन्ना किसानों के बकाये का भूगतान न करने तथा राज्य में डेंगू फैलने के मामले उठाये नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी और बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन कर रही है उन्होंने कहा कि रोस्टर के तहत विश्वविद्यालयों में नियुक्ति में आरक्षण न देने का ासनादेश पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने जारी किया था संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से असंतुट सपा और बसपा के सदस्यों ने सदन से वॉक आउट किया कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने किसानों को गन्ना मूल्यों का भूगतान न होने का मुद्दा उठाया गन्ना विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय किसानों के गन्ना मूल्यों की अदायगी के लिए पचीस हजार एक सौ पचीस करोड़ रूपये की धनराशि का भुगतान किया है सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पाण्डेय ने प्रदेश में डेंगू फैलने का मामला उठाया इस सवाल का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री सिद्दार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए पूरी तरह सजग है और रोकथाम के क्रम में डेंगू की जांच के लिए प्रदेश में सैंतीस केन्द्र बनाये गये हैं तथा तेरह नई प्रयोगशालाएं बनाई जा रही है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी जागरूकता अभियान चलायेगी आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सोलह सितम्बर को एक काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा श्री शाह ने कहा कि देश के चार हजार स्थानों पर अटल जी की कविताओं पर गोष्ठी की जायेगी देश में सत्रह से पचीस सितम्बर तक सेवा सप्ताह भी मनाया जायेगा लखनऊ जिला जेल कारागार में आज कैदियों के लिए विशेा योग शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह और कारागार मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी ामिल हुए इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि कैदियों को योग का प्रशिक्षण दिये जाने से उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आयेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से रूक रूक कर वर्षा हो रही है लगातार हो रही बारिश से लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है कई जिलों में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गयी है जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है उधरं तेज वर्षा और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण कई जिलों में नदियो का जलस्तर बढ़ गया है और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है वाराणसी और मिर्जापूर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है मिर्जापूर में आज गंगा का जलस्तर बहत्तर दशमलव दो पांच चार मीटर रिकार्ड किया गया जो इस वर्ष्य का सर्वाधिक है बस्ती जिले में सरयू नदी की बाढ़ और कटान से पचास गांव के बारह हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं यहां सरयू नदी खतरे के निशान से छियालिस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले अड़तालिस घंटों के दौरान वर्षा से संबंधित घटनाओं में कम से कम दस लोगों की मौत हो गई है केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा रामगंगा शारदा घाघरा और कोआनो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं घाघरा के अलावा लखीमपुर खीरी और पीलीमीत से गुजरने वाली शारदा नदी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बह रही है जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि घाघरा रापी और नारायणी नदी के तटबंधों में आई दरार की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ